इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर अवसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा

उन्होंने कहा कि देश गरीब लोगों की वश्यकताओं को समझता ह और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है इसके माध्यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे पीएम ऑन चीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि न तो हमारे क्षेत्र के भीतर कोई घ्सा है और न ही हमारी किसी चौकी पर कब्जा है है कल भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हई सर्वदलीय बठक में उन्होंने यह जानकारी दी

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखेगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है लेकिन संप्रभ्ता को कायम रखना सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये सीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को प्रमुखता दी हप चीन का बहिष्कार लददाख के गलवान घाटी में चीन की सेना के भारतीय सम्रिकों पर हमले की घटना के बाद बागेश्वर के व्यापारियों ने चीनी सामान नहीं बेचने का एलान किया हा

छोटे कारोबार से जुड़े लोगों की स्थिति मजबूत होगी

जू के निदेशक टी र बीजूलाल के मुताबिक हिमालयन बॉटनिकल गार्डन में भी पर्यटन गतिविधियां शुरू कर दी गयी हैं उन्होंने बताया कि खोलने से पहले दोनों पर्यटक स्थलों में समिटाइजेशन किया गया

मख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा ह कि कोरोना संक्रमण को जन सम्दाय में फ़लने से रोकने के लिए संदिग्ध और क्वारंटीन व्यक्तियों की गहनता से निगरानी की जाएगी कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी जिलों में किए जा रहे कार्यो की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा करते हए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और प्लिस विभाग के अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों और मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संख्ती से कार्रवाई करने के साथ ही नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिये उन्होंने बागेश्वर पिथौरागढ़ और पौड़ी के जिलाधिकारियों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए योग दिवस कल कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे इस छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सामाजिक द्वरी के नियमों का पालन करते हुए घर में रहकर अपने परिजनों के साथ मनाएं एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार यह दिवस हम बेहद असामान्य परिस्थितियों में मना रहे हैं

कि सभी अपने घरों में योग करें

बागेश्वर जिले के सभी तहसीलों में योग दिवस मनाने की तद्वारियां पूरी हो गई हैं

इसके साथ ही गांवों में भी तथारियां प्री हो गई हैं

भारत में सूर्य ग्रहण उत्तराखंड राजस्थान और हरियाणा में देखा जा सकेगा सूर्य ग्रहण को देखने के लिए वज्ञानिकों ने खास इंतजाम किये हैं

कल दोपहर बाद चारों धामों की साफ सफाई के बाद ही कपाट ख्लेंगे और पूजा अर्चना शुरू होगी